राज्य शासन ने संविदा अधिकारियों कर्मचारियों के एकमुश्त संविदा वेतन ेमें बारह फीसदी की बढ़ोत्तरी की एक जुलाई से मिलेगा लाभ लगातार बारिश के चलते बीजापुर सहित कई इलाकों में जन जीवन प्रभावित अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना कुछेक स्थानों पर भारी वर्षा की भी चेतावनी

इनमें पांच महिला माओवादी भी शामिल हैं मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्री बरामद की गई हैं राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र के सीमा पर बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं इसके बाद जिला पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर रवाना किया गया दोनों ओर से हुई भीषण गोलीबारी के बाद पुलिस को घटनास्थल से सात माओवादियों के शव मिले हैं

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ये सभी माओवादी दर्रेकसा एरिया कमेटी के सदस्य थे इन सभी माओवादियों पर कुल बत्तीस लाख रूपये का इनाम घोषित था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली से पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी से दूरभाष पर बात कर मुठभेड़ की जानकारी ली और सुरक्षा बलों के जवानों के बहादुरी तथा हौसलों की तारीफ की उधर बस्तर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अस्सीवीं बटालियन के कैम्प में दो माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया इनमें से एक माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था ये माओवादी लम्बे समय से कुतुल एरिया कमेटी में सक्रिय थे पंजीयन शुल्क छूट प्रदेश में पचहत्तर लाख रूपये तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकानों और फ्लैट्स के विक्रय पर पंजीयन शुल्क चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है यह छूट आज से लागू हो गई है और इसका लाभ अगले साल इकतीस मार्च तक मिलेगा उल्लेखनीय है कि अचल संपत्ति के पंजीयन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीते उन्नीस जुलाई को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बाजार मूल्य गाइड लाइन दरों में एकमुश्त तीस प्रतिशत घटाने का निर्णय लिया गया था इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकान फ्लैट्स के विक्रय पर रजिस्ट्री शुल्क को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की इससे मकान का सपना संजोए आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी संविदा कर्मचारी वेतन राज्य सरकार ने संविदा पर सीधी भर्ती में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के एकमुश्त संविदा वेतन में बारह फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है संविदाकर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ एक जुलाई दो हजार उन्नीस से मिलेगा संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक सबसे नीचे लेवल के संविदा कर्मचारी को एकमुश्त वेतन ग्यारह हजार तीन सौ साठ रूपये और सबसे ऊपर लेवल पर चौरानवे हजार चार सौ तीस रूपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा इस संबंध में सभी विभागों संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं जावडेकर आकाशवाणी सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार के पहले पचास दिन के कार्यकाल में सभी किसानों को पेंशन पाने का हक दिया गया है आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है आकाशवाणी के बारे में उन्होंने कहा कि ये कई वर्षो से एक विश्वसनीय संस्था बनी हुई है उन्होंने कहा कि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं श्री जावडेकर ने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एफएम स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत् है और इसमें निजी एफएम भी शामिल होंगे मुझे लगता है हम तो रेडियो को हर एक के हाथ में मोबाइल में रेडियो पूरा सुनेगा इसके लिए एफएम का विस्तार आकाशवाणी का भी विस्तार प्राइवेट लेयर के साथ एफएम भी ऑपशन भी तीसरा हो जल्दी तो एक नई नीति कारगर बना रहे कि दूरदर्शन समाचार पत्र और आकाशवाणी तीनों मिलकर जीवन को समुद्ध भी बनाए आनदंमयी भी बनाए और बहुत सारी जानकारी भी देते रहे श्री जावडेकर ने पर्यावरण के बारे में कहा कि सरकार ने एक सौ दो शहरों के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम तैयार किया है क्योंकि साफ हवा हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है सरकार प्रकृति के पंचतत्वों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है मुख्यमंत्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने श्री गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया श्री बघेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने श्री गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया है जिस पर श्री गांधी ने अपनी सहमति दे दी है इस बार श्री गांधी तीन से चार दिन तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री अस्पताल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत निर्मित अस्पतालों के लोकार्पण और भवन निर्माण की स्वीकृति जल्द देने का अनुरोध किया है श्री बघेल ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को भेजे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग छह लाख पंजीकृत बीमित व्यक्तियों तथा इनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक भी अस्पताल संचालित नहीं है रायपुर और कोरबा में ईएसआईसी द्वारा सौ सौ बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि भिलाई और रायगढ़ में सौ सौ बिस्तर वाले अस्पताल शुरू करने के लिए राज्य शासन द्वारा जमीन का आवंटन निःशुल्क किया गया है इन दोनों अस्पतालों का भूमिपूजन तो हो चुका है किन्तु निर्माण कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है राज्यपाल वन अधिकार पट्टा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए जा रहे वन अधिकार पट्टों के वितरण के समय संवेदनशीलता बरती जाए और पूर्व में स्वीकृत आवेदनों का पुनः परीक्षण कराकर पात्र लोगों को पट्टा प्रदान किया जाए सुश्री उइके ने कल राजभवन में मिलने आए प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए राज्यपाल ने कहा कि समितियों के माध्यम से लघु वनोपज के प्रसंस्करण कार्य को भी बढ़ावा दिया जाए इससे आदिवासियों को स्व रोजगार मिलेगा और वनोपज का सदुपयोग भी होगा

इनमें से एक व्यक्ति सकृशल बाहर निकल आया

उधर कबीरधाम जिले में भी बारिश की वजह से शकरी नदी उफान पर है

रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी जेआर साहू ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है